सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी लगभग आधे घंटे की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्र में प्रदेशहित की लंबित योजनाओं और उनसे जुड़ी राशि शीघ्र जारी करने के बारे में विस्तार से चर्चा की श्री नाथ ने प्रधानमंत्री से योजनाओं से जुड़ी लंबित राशि को शीघ्र पारित करवाने की मांग की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश देंगे साथ ही भविष्य में भी प्रदेश के हितों का ध्यान रखेंगे मंत्री गोयल केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल ने उद्योग और निर्यात संस्थानों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे सब्सिडी और अनुदान पर निर्भर रहना बंद करे और आत्मनिर्भर बने ताकि स्पर्धा में मजबूती से टीके रह सकें आज नई दिल्ली में मंत्रालय के कई विभागों की बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि सब्सिडी न रहने पर व्यापार में वृद्धि हुई है उन्होंने एलईडी बल्बों का उदाहरण दिया जो उत्पादन तेजी से बढ़ने के बाद अब किफायती दामों पर मिलने लगे हैं उन्होंने कहा कि भारत के विशाल बाजार को देखते हुए अब हर देश यहां निवेश करना चाहता है

अपने एक ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने पीड़ितों को न्याय दिलाने और बेगुनाह किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमें वापस लेने के लिये दुढसंकल्पित हैं मंदसौर में दो साल पहले किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के चलते हुई गोलीबारी में छह आंदोलकारियों की मौत हो गई थी

नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया है कि सभी नगरीय निकायों में नलों के माध्यम से प्रत्येक आवास में पेयजल उपलब्ध करवाना शासन का लक्ष्य है

उन्होंने बताया कि जल स्रोत का चिन्हांकन इस प्रकार से किया गया है कि पूरे वर्ष पेयजल उपलब्ध हो मंत्री बैठक वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने टीकमगढ़ जिले में पेयजल की उचित व्यवस्था करवाने और शासन की योजनाओं को हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये जिले के अधिकारियों से कहा है

उन्होंने कृषि विभाग के अफसरों से कहा कि किसानों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिले गर्मी प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते जन जीवन प्रभावित है राजधानी भोपाल सहित छतरपुर सागर दमोह रायसेन राजगढ ग्वालियर भिंड मुरैना सहित होशंगाबाद जिले में मौसम विभाग ने तेज लू चलने की आशंका व्यक्त की है प्रदेश का सबसे गर्म शहर नौगांव रहा

सीहोर जिले में दिन का पारा लगातार बढ़ रहे होने से जन जीवन प्रभावित है

तेज गर्मी के चलते जिले में वायरल और उल्टी दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं

उधर उमरिया जिले में भी गर्मी के चलते दोपहर में सड़के सूनी दिखाई दे रही हैं

हॉकी टूर्नामेंट भुवनेश्वर में एफआइएच सीरीज फाइनल्स हाकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला रूस से हो रहा है

भारत के अलावा पोलेंड रूस उज्बेकिस्तान दक्षिण अफ्रीका जापान अमरीका और मैक्सिको की टीम प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं टूर्नामेंट में श्रेष्ठ दो टीम इस वर्ष अक्टूबर नवम्बर में होने वाले एफआइएच ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा लेंगी